प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व शिवालयों में लगा भक्तों का तांता

लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी आज व कल राज्य के अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सम्पूर्ण मानवता की समृद्धि के लिए है और यह पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी

नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए कोरोना का स्वदेशी टीका विकसित किया और भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके द्वनिया भर में जा रहे हैं महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश में स्थित शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन से सारा वातावरण भक्तीमय बना हुआ है श्रद्वालुओं ने शिवलिंग पर पुष्प व बिल्व पत्र चढ़ाकर दूध और जल से अभिषेक किया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला जिले के हाटकोटी मंदिर परिसर में रिथित प्राचीन शिवमंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की राज्यपाल ने सरस्वतीनगर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर बल दिया

वन मंत्री राकेश पठानिया ने शोभायात्रा में भाग लेकर इसका शुभारम्भ किया उन्होंने लोगों को शिवरात्रि महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार बैजनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है उन्होंने लोगों से महोत्सव के दौरान कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की

सोलन शिवरात्रि उधर सोलन जिले में एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में भी आज लाखों भक्तों ने भगवान शिव की बेल पत्र दूध और जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्होंने उपवास रखा है और जटोली मंदिर आने से उनकी मनोकामना पूरी होती है

इस अवसर पर ऐतिहासिक पड्डल मैदान में शोभा यात्रा निकाली जाएगी जिसमें दो सौ से अधिक देवी देवता भाग लेंगे प्रशासन द्वारा महोत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं मंडी की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए पुलिस जवान तैनात किये गए है

हर सैक्टर का पर्यवेक्षण एक राजपत्रित अधिकारी करेगा राजेंद्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि पानी की किल्लत वाले इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और प्रदेश में अगले वर्ष तक हर घर को नल के माध्यम से जल मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है बिलासपुर जिले की घुमारवीं पंचायत में आज महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष जून तक हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल दिया जाएगा वीरेंद्र कंवर हिमाचल व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर से ऊना ज़िले के थनाकला में भेंट की और उनसे मार्केट फीस बंद करने की मांग की व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तीन कृषि कानूनों को अस्थायी रूप से रिजर्व रखा है ऐसे में मार्केट फीस दोबारा लगाना तर्क संगत नहीं है वीरेंद्र कंवर ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर उचित कार्यवाई का आश्वासन दिया किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने केंद्र सरकार से प्रदेश के हर गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का आग्रह किया है

उन्होंने केंद्र से जनसंख्या व अन्य मानकों के संबंध में भी हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को छूट देने का अनुरोध किया

शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रजापति ब्रहमक्मारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासक राजयोगिनी ब्रहमक्मारी डॉक्टर दादी हृदय मोहिनी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है उन्हें दादी गुलजार के नाम से भी जाना जाता है उनका आज सुबह मुम्बई में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया राज्यपाल ने कहा कि दादी गुलजार ने निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि अध्यात्म के क्षेत्र में दादी गुलजार का अमूल्य योगदान रहा है और उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है मौसम लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर आज दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है जिससे तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग ने आज से प्रदेश में मौसम ख़राब रहने की सम्भावना जताई है अगले दो तीन दिन ऊपरी इलाकों में हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा के आसार हैं इसके अलावा मौसम विभाग ने आज व कल राज्य के निचले व मध्यपर्वतीय इलाकों में तेज हवाओं व गरज के साथ वर्षा और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी किया है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बीती रात चंबा मैडिकल कॉलेज में जाकर बस हादसे के घायलों का कुशलक्षेम पूछा

हंसराज ने कॉलेज प्रबंधन को घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए

उत्सव लाहौल स्पीति जिले में चल रहे स्नो फैस्टिवल के तहत आज केलंग में रिंगों उत्सव और तोंद घाटी में मुस्कुन तीरंदाजी उत्सव का आयोजन किया गया महाशिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष ये उत्सव मनाया जाता है और इस परम्परा के द्वारा असुर शक्तियों को भगाने की परम्परा है